इन फसलों का विपणन अगले वित्त वर्ष के दौरान किया जाएगा

केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से बहुत अधिक है राष्ट्रीय सम्मेलन राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज शिमला के समीप नालदेहरा में देश की विभिन्न जेलों में बंद महिला कैंदियों से जुड़े मुद्दों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे

इस दौरान महिला कैदियों से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं पर भी मंथन किया जाएगा भेंट मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत से कल शिमला स्थित राजभवन में भेंट की

मनीषा नंदा प्रदेश लोक निर्माण विभाग विश्व बैंक द्वारा षोषित सड़क परियोजना के तहत विभिन्न सड़कों व पुलों की विस्तृत सुची सहित इनकी वस्तु स्थिति का समयवद्व सर्वेक्षण व मॉनीटरिंग अब कंप्यूट्रीकृत प्रणाली द्वारा करेगा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा ने कल शिमला में सड़क परियोजना की समीक्षा बैठक में ये बात कही उन्होंने कहा कि इसके लिए एक सात मॉडयूल वाला एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है मनीषा नंदा ने बताया कि इससे विभिन्न कार्यों में गुणवत्ता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर हिमाचल प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है जस्टिस सूर्यकांत बने हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दैनिक जागरण का शीर्षक है सूर्यकांत हिमाचल के चीफ जस्टिस

पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल के एक जैसे शब्द हैं जस्टिस सूर्यकांत होंगे हिमाचल हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जनता बढ़े किराये से बेहाल मंत्रियों के लिए खरीदीं तीन फॉर्च्यूनर शीर्षक से अमर उजाला लिखता है हिमाचल की खराब सड़कों पर हिचकोले लगने का तर्क देकर मंत्रियों ने मांगी लग्जरी गाड़ियां

पंजाब केसरी की एक खबर है अध्यक्ष उपाध्यक्षों की तैनाती को हरी झंडी नवरात्र से शुरू हो जाएगा तैनाती का दौर इसी अखबार की एक अन्य खबर है स्कूलों में शॉल टोपी मोमेंटो व गुलदस्ते से मंत्रियों के सम्मान पर पूर्ण प्रतिबंध शिक्षा मंत्री ने दोबारा जारी किए आदेश अंतर्राष्ट्रीय गैर पारंपरिक उर्जा निवेशक सम्मेलन से जुड़ी खबर पर आपका फैसला ने सुर्खी दी है जयराम ठाकुर ने निवेशकों को दिया हिमाचल आने का न्यौता जबकि हिमाचल दस्तक के शब्द हैं हाईडल को रिन्यूएबल एनर्जी में डाले केंद्र

राज्यपाल आचार्य देवव्रत के हवाले से आपका फैसला लिखता है हिमाचल की माटी जीवामृत और गांजीवामृत से उगलेगी सोना निवेशक राज्य के प्राकृतिक उत्पादों को उच्च दरों पर खरीदने को तैयार अब एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय स्वच्छता की आदत में लिखा है कि स्वच्छता का अभियान एक दिन का मेहमान नहीं होना चाहिए बल्कि इसे आदत के रूप में विकसित करना होगा ताकि बीमारियों को दूर रख सकें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

नमस्कार